लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री योगी ने कहा कि सरकार का विष्वास है कि बजट में लोक लुभावन के बजाय लोक कल्याणकारी योजनाओं का समावेष होना चाहिए ताकि वंचित वर्ग को उसका जायज हक मिल सके प्रदेष सरकार ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्श दो हज़ार उन्नीस बीस के लिये चार लाख उन्यासी हज़ार सात सौ एक करोड़ दस लाख रूपये का बजट पेष किया बजट प्रस्ताव में इक्कीस हजार दो सौ बारह करोड़ पनचानवें लाख रूपये की नई योजनाएं षामिल की गई हैं सदन में बजट पेष करते हुए राज्य के वित्त मंत्री राजेष अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा बजट किसानों महिलाओं य्वाओं और प्रदेष में ढांचागत सुविधाओं के विकास पर केन्द्रित है बजट में आयुश्मान भारत और राश्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिषन योजना के लिये एक हजार दो सौ अट्ठानवे करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जबकि इंस योजना की सुविधा से वंचित पात्र लाभार्थियों के लिये राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से अच्छादित करने के लिये एक सौ ग्यारह करोड़ रूपये की व्यवस्था की है बजट में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई के लिये तीन सौ सत्तावन करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है चालू वित्तीय वर्श के दौरान प्रदेष में सड़कों के निर्माण के लिये तेरह हजार एक सौ पैंतीस करोड़ रूपये और उनके रख रखाव के लिये तीन हजार पांच सौ बाईस करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है विभिन्न वर्गो के ग़रीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना के लिये चार हजार चार सौ तैंतीस करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है इसमें अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिये दो हजार सैंतीस करोड़ पिछड़ा वर्ग के लिये एक हजार पांच सौ सोलह करोड़ रूपये सामान्य वर्ग के लिये आठ सौ पचास करोड़ रूपये और अनुसूचित जनजाति के लिये तीस करोड़ रूपये की व्यवस्था षामिल है सरकार ने बजट में वृद्धावस्था और किसान पेंषन योजना के तहत दो हजार पांच सौ उन्यासी करोड़ रूपये का प्रावधान किया है प्रदेष में एक्सप्रेस वे निर्माण के लिये तीन हजार एक सौ चौरानवे करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है

सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आज लोक सभा में कहा कि प्रसार भारती के कार्यक्षेत्र में देश की परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण प्रमुख है क्योंकि प्राइवेट प्रसारण चैनल व्यापारिक कारणों से कई कार्यक्रम नहीं दिखाते उन्होंने कहा कि प्रसार भारती अपने कार्यक्रमों में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है

साथ में टेलीविजन के सिगनल्स जो अब हैं वो डायरेक्ट दू होम ट्रांसमिशन के माध्यम से पूरे भारत का एरिया कवर करते हैं सेटटॉप बॉक्स के अंदर क्छ एक चैनल ऐसे भी हैं जिसमें आप रेडियो को सुन सकते हैं बदलती टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखर्ते हुए ऑल इंडिया रेडियो के जो चैनल हैं उसको हमने इंटरनेट पर भी प्रोवाइड कराया है तो किसी के पास जो कोई फोन हो तो उसके ऊपर मोबाइल ऐप्लीकेशन डॉउनलोड करके रेडियो के कार्यक्रम सुन सकते हैं आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिशासियों की प्रोन्नति से संबंधित नियमित विभागीय प्रोन्नति समितियों के गठन के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कृछ मामलों में मुकदमेबाजी के चलते इन समितियों का गठन नहीं किया जा सका उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर में इन अधिकारियों की पदोन्नति से संबंधित एक आदेश जारी किया था

आयोग के गठन की घोषणा पहली फरवरी को बजट भाषण में की गई थी विधि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यह एक उच्चाधिकार प्राप्त संस्था होगी और गो संवर्द्वन के लिये काम करेगी आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रसार भारती के प्रसारण के बुनियादी ढांचे और नेटवर्क विकास योजना को मंजूरी दी है

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मरने वाले लोग एक षादी समारोह से वापस लौट रहे थे दुर्घटना के बाद बस के चालक और परिचालक दुर्घटना स्थल से फरार हो गये पुलिस ने षवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया